स्वस्थ होने की दर बढ़कर इक्यासी दशमलव नौ सात प्रतिशत हुई

कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश में पिछले चार दिनों से कोविड के नये मामलों में लगातार कमी आ रही है और स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हुई है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार संक्रमण की दर में भी लगातार गिरावट का सिलसिला बना हुआ है संक्रमण की दर घटकर दस दशमलव एक छह प्रतिशत हो गयी है पिछले चौबीस घंटों में जहां दस हजार एक सौ चौहत्तर नये मामलों की पुष्टि हुई वहीं पन्द्रह हजार आठ सौ मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी भी दी गयी स्वस्थ होने की दर इक्यासी दशमलव नौ सात प्रतिशत है अब तक चार लाख तिरानवे हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं सर्वाधिक प्रभावित जिले पटना मुजफ्फरपुर गया बेगूसराय और पश्चिम चंपारण में कोविड के मामलों में कमी आई है पटना में लगातार दूसरे दिन कल दो हजार से कम मामले दर्ज किये गये नये मामलों में कमी आने और स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी होने से सक्रिय मामलों की संख्या में भी कमी आयी है वर्तमान में एक लाख पांच हजार एक सौ तीन मरीजों का उपचार चल रहा है इस बीच प्रदेश में एक दिन में कोविड संक्रमण से एक सौ छिहत्तर लोगों की मौत की खबर है प्रदेश में कल एक लाख चौबीस हजार सात सौ अड़तालीस लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये गये स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें अठारह से चौवालीस आयु वर्ग के साठ हजार छह सौ पन्द्रह लोगों का टीकाकरण हुआ वहीं पैंतालीस वर्ष से ऊपर के बीस हजार तीन सौ उनचास लोगों को टीके की पहली डोज जबकि इकतालीस हजार नौ सौ लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गयी राज्य में अब तक इक्यासी लाख इक्यासी हजार नौ सौ उनतालीस लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है इधर देश में अब तक सत्रह करोड छियालीस लाख से अधिक कोविड टीके लगाये जा चुके हैं प्रदेश में बिना फोटोयुक्त पहचान पत्र के लोगों का भी कोविड टीकाकरण किया जायेगा राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज क्मार ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को आदेश निर्गत कर दिये गये हैं उन्होंने बताया कि साधु संन्यासी कैदी मानसिक रोगी भिखारी तथा वृद्धाश्रम और पुनर्वास कोन्द्रों में रह रहे लोगों के साथ साथ अन्य चयनित योग्य लाभार्थियों को टीके लगाने का लक्ष्य है उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में टीके दिये जायेंगे कोरोना संक्रमण काल में राज्य के स्वास्थ्यकर्मियों को मिलने वाली पचास लाख रूपये की बीमा अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी गयी है स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य संस्थान के प्राचार्य और अधीक्षकों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मियों का पचास लाख रूपये का बीमा करवाया जाता है इधर अब तक राज्य में उनतीस आवेदनों के विरूद्व छह मृत कर्मियों के उत्तराधिकारियों को बीमा की राशि उपलब्ध करा दी गयी है राज्य सरकार ने कोरोना काल में दूसरे राज्यों से लौट रहे लोगों की निगरानी करने का पंचायतों को निर्देश दिया है पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पंचायतों में कार्यरत वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति ऐसे लोगों की निगरानी करेगी और इसकी तत्काल सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी को देगी सूचना मिलने के बाद बीडीओ और चिकित्सा पदाधिकारी आगे की कार्रवाई करेंगे पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि समिति के अध्यक्ष को यह भी आदेश दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो इसकी तत्काल सूचना स्थानीय थाने को दी जाए उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन इन समितियों की मदद से वैसे लोगों का पहचान करेगा जिनमें कोविड के प्रारंभिक लक्षण हैं जिला परिषद के माध्यम से राज्य के सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त बेड ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने के लिए पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये हैं इसमें सभी जिलाधिकारियों से अस्पतालवार आवश्यक उपकरणों का आकलन करने को कहा गया है विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत जिलों को उपलब्ध करायी गयी राशि से अस्पतालों में उपकरण खरीदने का प्रावधान किया गया है पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव से कोविड प्रबंधन को लेकर पूछे गये सवालों का विस्तार से जवाब देने को कहा है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने सरकार द्वारा दायर जवाब पर असंतोष जताते हुए कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान जिन बिंदुओं पर सरकार से सवाल पूछा गया था उसके आधे अध्रे जवाब दिये गये हैं पीठ ने एकबार फिर सरकार से ऑक्सीजन बेड और दवाओं की उपलब्धता से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट तलब की है न्यायालय ने सरकार से यह भी पूछा है कि राज्य में हर जगह कोरोना की जांच क्यों नहीं हो पा रही है साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को केन्द्र से अधिक वैक्सीन आवंटित करने की मांग करने का निर्देश दिया है मामले की अगली सुनवाई कल होगी आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की टीम ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोप में पटना के अलग अलग थाना क्षेत्रों से दस लोगों को गिरफ्तार किया है ईओयू के एडीजी नैय्यर हसनैन खां ने बताया कि अमरीका में रहने वाले एक एनआरआई की शिकायत पर यह कार्रवाई की गयी है उन्होंने बताया कि इस गिरोह ने शिकायतकर्ता के एक रिश्तेदार को एक लाख दस हजार रूपये में ऑक्सीजन सिलेंडर बेचा था एडीजी ने बताया कि मनमाना किराया वसूलने के आरोप में चौबीस एम्बूलेंस को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है उन्होंने बताया कि दवाओं की कालाबाजारी करने के आरोप में दानापुर से दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि एंटी वायरल दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए पटना के चांदमारी रोड से तीन धंधेबाजों की गिरफ्तारी हुई है केन्द्र सरकार ने उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि कोविड संक्रमण फाइव जी टेक्नोलॉजी के कारण फैल रहा है संचार मंत्रालय ने कहा कि कई सोशल मीडिया मंचो से भ्रामक संदेश दिये जा रहे हैं कि कोविड संक्रमण की दूसरी लहर फाइव जी मोबाइल टावरों के परीक्षण के कारण आई है मंत्रालय ने कहा कि ये खबरें पूरी तरह बेबुनियाद और गलत हैं मंत्रालय ने लोगों को ऐसी गुमराह करने वाली खबरों और अफवाहों से बचने को कहा है मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फाइव जी टेक्नोलॉजी और कोविड महामारी को जोड़ने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है तथा फाइव जी नेटवर्क का परीक्षण अभी भारत में कहीं भी शुरू नहीं हुआ है कोविड महामारी ने कई लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरएमएल अस्पताल नई दिल्ली के मनोचिकित्सा विभाग के डॉक्टर आरपी बेनीवाल ने कहा कि अधिकांश कोविड पॉजिटिव लोग हल्के लक्षणों के साथ घर पर ठीक हो जाते हैं उन्होंने कहा कि लोगों को वायरस से संक्रमित होने के परिणामों के बारे में सोचकर डरना नहीं चाहिए

एक बार आपने इंटेन्शन ढायवर्ट किया और एक मूवी शुरू कर दी वो दो घंटे तक आपको बिजी रखेगी अननेसेसरी के अनवान्टेड थॉट आपके ब्रेनमें नहीं आएंगे और हमें बस उन्हीं को बचाना है डॉक्टर बेनीवाल ने बताया कि वायरस से संक्रमित होने पर अधिकांश लोगों को अलगाव का डर होता है जो नहीं होना चाहिए इसके बजाय सकारात्मक सोच के साथ उन्हें उस अवधि का उपयोग वैसी गतिविधियों के लिए करना चाहिए जो वह अतीत में नहीं कर पाए थे

आइसोलेटकरने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ रूम में ही कनफाइन्ड रहें

दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने लोगों से कोविड स्थिति को देखते हुए ईद की नमाज घर पर ही अदा करने की अपील की है उन्होंने कहा कि इस महामारी में लोग अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिये एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करें चांद नजर आने पर ईद उल फित्र चौदह मई को मनाई जा सकती है प्रदेश में लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में अब तक एक सौ बानवे लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एक सौ इक्कीस मामले दर्ज किये गये हैं पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक एक हजार एक सौ छह गाड़ियों को जब्त किया गया है जबकि नियमों के उल्लंघन के मामले में वाहन चालकों से तेईस लाख तिरासी हजार रूपये से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान बिना मास्क के बाहर निकले तीन हजार छह सौ चालीस लोगों से एक लाख बयासी हजार रूपये का अर्थ दंड वसूला गया है कोविड की दूसरी लहर में जीविका दीदियों ने डेढ़ करोड़ से अधिक मास्क का निर्माण किया है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सभी जिलों के आठ सौ संतानवे केन्द्रों पर जीविका दीदियों द्वारा मास्क का निर्माण किया जा रहा है उन्होंने बताया कि जीविका दीदियों द्वारा निर्मित मास्क का वितरण पंचायत स्तर पर हो रहा है बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के असर से सत्रह मई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातीय परिसंचरण के कारण बारिश के अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं

दैनिक भास्कर ने लिखा है चौथे दिन भी संक्रमितों से ज्यादा हुई स्वस्थ मरीजों की संख्या हिन्दुस्तान की सुर्खी है बक्सर में गंगा किनारे मिले चालीस शव जिलाधिकारी ने कहा यूपी की ओर से लाशें बहकर बिहार आ रही हैं दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट में कोविड को लेकर चल रही सुनवाई पर केन्द्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाते हुए लिखा है टीकाकरण में दखल न दे सुप्रीम कोर्ट प्रभात खबर ने लिखा है नौ मेडिकल कॉलेजों में लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट दैनिक आज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है टीकाकरण और टेस्टिंग को बढ़ाया जाए राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है सबसे तेज सत्रह करोड़ टीके लगाने वाला देश बना भारत

स्वस्थ होने की दर बढ़कर इक्यासी दशमलव नौ सात प्रतिशत हुई